इसके लिए चाहे धान खरीदी का समय बढ़ाना पड़े या धान खरीदी किश्तों की संख्या मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार धान की शत प्रतिशत खरीदी सुनिश्चित करने के लिए लिमिट की व्यवस्था को शिथिल किया गया है उन्होंने सभी कलेक्टरों से कहा है कि धान खरीदी में व्यवस्थित तरीके से अभियान चलाकर छोटे किसानों को प्राथमिकता दें और समितियां व्यवस्था बनाकर सुचारु रूप से धान खरीदें मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों की सरकार है उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों को किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है राज्य सरकार पूरा धान खरीदेगी उन्होंने कहा कि धान खरीदी के संबंध में फैलाई जा रही अफवाहों से वे दूर रहें धान खरीदी विरोध इस बीच प्रदेश में धान खरीदी में कथित अव्यवस्था का आज भी कई जिलों में विरोध हो रहा है किसान अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कोंडागांव जिले के केशकाल के सैकड़ों किसानों ने सिंगनपुर धान खरीदी केंद्र के बाहर प्रदर्शन किया उनकी मांग है कि सरकार प्रति एकड़ पन्द्रह क्विंटल से ज्यादा धान खरीदी करे हालात को देखते हुए प्रशासन ने भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया था वहीं गरियाबंद में करीब बत्तीस गांवों के किसानों ने अपनी मांगों को लेकर रायपुर देवभोग मार्ग पर धरना दिया ये किसान धान खरीदी नियमों में बदलाव की मांग कर रहे थे किसानों के इस धरने की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई करीब दो घंटे के प्रदर्शन के बाद एसडीएम की समझाइश पर किसानों ने अपना धरना स्थगित किया धरमलाल कौशिक धान वहीं नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार के लाख दावों के बाद भी प्रदेश में धान खरीदी केन्द्रों में व्यवस्था बेहतर नहीं हो पाई है किसानों से पन्द्रह क्विंटल के स्थान पर केवल आठ क्विंटल धान खरीदा जा रहा है उन्होंने कहा कि धान खरीदी को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है श्री कौशिक ने आज बिलासपुर जिले के बिल्हा धान खरीदी केन्द्र का निरीक्षण किया केन्द्र भर्ती प्रक्रिया केन्द्र सरकार ने कहा है कि कर्मचारी चयन आयोग ने इस वर्ष और अगले वर्ष के लगभग एक लाख से अधिक पदों को भरने के लिए चयन प्रक्रिया शुरू कर दी है लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में राज्यमंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह ने कहा कि आयोग चार लाख से अधिक पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है जबकि रेलवे और डाक विभाग में पदों के भरने का काम जारी है

आर्थिक गणना के लिए गठित राज्य स्तरीय संचालन समिति की कल रायपुर में उप महानिदेशक रोशनलाल साहू की अध्यक्षता में बैठक हुई इस दौरान बताया गया कि राज्य में आर्थिक गणना का कार्य बहुत अच्छे से चल रहा है और इस मामले में छत्तीसगढ़ देश में प्रथम है वर्तमान में बलौदा बाजार जिला पूरे प्रदेश में अग्रणी जिले के रूप में कार्य कर रहा है जिसमें तीन लाख से अधिक आर्थिक गणना इकाईयों का कार्य पूरा किया जा चुका है राज्य स्तरीय आकलन परीक्षा स्कूली बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राज्य स्तरीय आकलन परीक्षा शुरू कर दी गयी है बीते नौ दिसम्बर से शुरू हुई यह परीक्षा चौदह दिसम्बर तक चलेगी

ये कारोबारियों के ठिकानों पर छापा मारा

इसमें उनके कृछ करीबी और दूसरे कारोबारियों पर भी कार्रवाई की जा रही है सशस्त्र बल की निगरानी में दस्तावेजों की जांच की जा रही है शराब कारोबारी सुभाष शर्मा के अलावा संजय चौधरी आर्किटेक्ट रोहित वर्मा के यहां भी ईडी की टीम दबिश दी है

इस तीन दिवसीय महोत्सव में तेईस राज्यों के एक सौ इंक्यावन दलों के लगभग चौदह सौ कलाकार हिस्सा लेंगे इसके अलावा श्रीलंका बेलारूस युगांड़ा बांग्लादेश सहित छह देशों के कलाकार भी शामिल होंगे आयोजन स्थल पर छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर्यटन और औद्योगिक परिदृश्यों की झांकी भी नजर आएगी महोत्सव का आयोजन साईस कॉलेज मैदान में सुबह दस बजे से शाम साढ़े आठ बजे तक होगा इसकी तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में एक बैठक ली उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए महोत्सव में पहला स्थान पाने वाले दल को पांच लाख दूसरा स्थान पाने वाले दल को तीन लाख रूपए और तीसरा स्थान पाने वाले दल को दो लाख रूपए पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे संस्कृति विभाग के सचिव सिद्दार्थ कोमल परदेशी ने बताया कि महोत्सव में शामिल होने के लिए कलाकारों के ऑनलाइन पंजीयन की व्यवस्था की गई है अब तक एक हजार से अधिक कलाकारों का पंजीयन हो चुका है

संभाग स्तरीय प्रतियोगिता के विजेता दल को रायपुर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में भाग लेने का मौका मिलेगा इसी कड़ी में बिलासपुर के संभाग स्तरीय महोत्सव का आयोजन कोरबा के पोड़ी उपरोड़ा खंड के सिंधिया ग्राम में किया गया इसमें कोरबा जांजगीर चांपा रायगढ़ बिलासपुर और मुंगेली जिलों के प्रतिभागियों ने रंगारंग प्रस्तुति दी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल उपरिथित थे इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इस महोत्सव में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के लिए अपनी शुभकामनाएं दी हैं स्कूली शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने लखनऊ में योगी आदित्यनाथ को इस महोत्सव में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से सौजन्य मुलाकात कर उन्हें राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के लिए आमंत्रण दिया श्री साहू ने मुख्यमंत्री श्री पटनायक से ओडिशा के लोक कलाकारों को नृत्य महोत्सव में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ भेजने का आग्रह भी किया

इस अभियान का शुभारंभ जिले के सभी विकासखंडों के ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा आयोजित कर किया गया कलेक्टर डोमन सिंह मनेन्द्रगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत लाई में आयोजित ग्राम सभा में शामिल हुए जहां उन्होंने ग्राम सभा में उपस्थित सभी लोगों से नशे से होने वाले दुष्प्रभावों पर चर्चा की कलेक्टर ने गांव वालों से जिले को नशामुक्त बनाये जाने के उपायों पर सुझाव मांगे

ट्रेन परिचालन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के चक्रधरपुर मंडल के बमरा स्टेशन यार्ड में सुधार कार्य की वजह से कल से तेईस दिसम्बर तक कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा इस दौरान टाटानगर इतवारी पैसेंजर रद्द रहेगी वहीं पन्द्रह और सत्रह दिसम्बर को एलटीटी टाटानगर अंत्योदय एक्सप्रेस नहीं चलेगी इसके अलावा सीएसएमटी हावडा एक्सप्रेस करीब डेढ़ घंटे विलंब से चलेगी संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी रायगढ़ के सरकारी मेडिकल कॉलेज के विकास के लिए सौ करोड़ खर्च करेगा एनटीपीसी पश्चिम क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक विनोद चौधरी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात कर उन्हें प्रथम किश्त के रूप में पच्चीस करोड़ का चेक सौंपा सुकमा जिले के सिरसेट्टी के जंगलों से सुरक्षा बलों ने एक स्थायी वारंटी माओवादी को गिरफ्तार किया है इसे आज न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया बिलासपुर जिले के कटघोरा उपजेल के जेल प्रहरी को एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की टीम ने दस हजार रूपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है सुकमा के कलेक्टर चंदन कुमार ने अवैध धान का भंडारण करने के आरोप में दोरनापाल और मुंडपल्ली धान खरीदी केंद्रों के प्रबंधकों को निलंबित कर दिया है जांजगीर चांपा जिले में औषधि प्रशासन ने नवागढ़ सक्ति बलौदा पामगढ़ मालखरौदा और अकलतरा विकासखंड में जांच में कमी पाए जाने पर सोलह मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं दुर्ग जिले के बोरसी में एक मकान में अवैध शराब बनाने के आरोप में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है इनके पास से सत्तर लीटर शराब और चालीस लीटर स्प्रीट बरामद की गई है जिसकी कीमत करीब पचास लाख रूपए बताई जा रही है महासमुंद जिले में पटेवा और झलप के बीच तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई वहीं भुकेल गांव के पास एक यात्री बस और मालवाहक ट्रेलर में हुई टक्कर में बस में सवार सात लोग घायल हो गए हैं